और राज्यस्तरीय हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आगामी दस मार्च से होगा शुरू

पर्यावरण अनुकूल चुनाव कराने की दिशा में आयोग ने पहल की है आयोग ने कहा है कि जो भी उम्मीदवार और राजनीतिक दल ये नियम नहीं मानेगें उनसे पलास्टिक और ठोस कचरा निष्पादन नियम दो हजार सोलह के तहत इसके निष्पादन में आने वाला खर्च भी वसूला जायेगा निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राज्यीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है राज्य सरकार ने पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे का निबंधन मुफ्त में करने का फैसला लिया है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि निबंधन शुल्क तालिका में मौलिक हेसियत से सम्पत्ति बंटवारे के दस्तावेजों के निबंधन करने के ऐवज में पांच हजार रूपये के प्रभार्य शुल्क को समाप्त कर दिया गया है उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद बंटवारे के दस्तावेज का क्षेत्रीय कार्यालय में निबंधन बिना प्रभार्य श्रल्क के होगा जिससे भूमि विवादों के मामलों में काफी कमी आयेगी उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने निर्वाचन सेवा के मूल पद के लिए सीधी भर्ती करने का भी निर्णय लिया है एक अन्य फैसले में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित किये जाने से कार्य के बढ़ते बोझ को कम करने के उद्देश्य से दो हजार अड़सठ पद सृजित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को सभी दस शाखाओं में पर्मानेंट कमीशन दिया जाएगा महिला अधिकारियों को अब जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अतिरिक्त सिग्नल्स इंजीनियर्स सेना उड्डयन सेना वायु रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स सेना सेवा कोर सेना आयुध कोर और खुफिया सेवा में स्थायी कमीशन मिलेगा रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी सेवा के चार वर्ष प्ररे करने से पहले स्थायी कमीशन के लिए विकल्प देंगी उनके पास स्थायी कमीशन और विशेषज्ञता के लिए चयन का विकल्प होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जुलाई दो हजार उन्नीस के परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बारह मार्च दो हजार उन्नीस तक बढ़ा दी है अब उम्मीदवार परीक्षा की फीस इस महीने की पन्द्रह तारीख तक जमा करा सकते हैं एक बयान में परिषद ने कहा है कि इस वर्ष बारहवीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा इस साल सात जुलाई को आयोजित की जाएगी यह परीक्षा देश के सत्तानवे शहरों में बीस भाषाओं में होगी दरभंगा से वाराणसी के बीच आज से नई अंत्योदय एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन की शुरूआत होगी

अंत्योदय एक्सप्रेस छपरा सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के रास्त रात ग्यारह बजे दरभंगा पहुंचेगी इस ट्रेन का नियमित परिचालन तेरह मार्च को दरभंगा से और चौदह मार्च को वाराणसी सिटी से होगा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह खालसा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है कमिटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित ने उन्हें सेवामुक्त करने की घोषणा की है मुख्य ग्रंथी भाई रजिंदर सिंह को जत्थेदार का प्रभार सौंपा गया है इधर पटना साहिब प्रबंधन कमिटी के अध्यक्ष ने तख्त साहिब के संविधान संशोधन के लिए तीन सदस्यीय कमिटी बनायी है सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि मजुफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में अधिकतर पीड़िताएं नाबालिग हैं सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िताओं की उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों की जांच करायी गयी थी जिसमें एक दो को छोड़कर सभी की उम्र अठारह साल से कम है अदालत ने दलिलों के लिए आज तारीख तय की है ग्रीन पीस और एअर विज़ुअल ने दो हजार अठारह वर्ल्ड एअर क्वॉलिटी रिपोर्ट जारी करते हुये दावा किया कि दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में पन्द्रह शहर भारत में है वायु प्रदूषण के मामले में पटना शहर विश्व में सातवें और मुजफ्फरपुर तेरहवें स्थान पर है इंडिय ऑयल कॉरपोरेशन ग्राहकों को एलपीजी के सिलेंडर के लिए ऑनलाईन पेमेंट करने पर प्रति सिलिंडर दस रूपये की छूट देगा आईओसी के उप महाप्रबंधक सर्वेश कुमार ने बताया कि कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की गयी है इसके लिए इंडेन की वेबसाईट इंडेन डॉट को डॉट इन पर जाकर लॉग इन करना होगा राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं से छेड़खानी रोकने और अपराध नियंत्रण के लिए सेफ सिटी सर्विलांस योजना के तहत पटना जिला का चयन किया गया है योजना के तहत राजधानी पटना के सभी सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी त्रिपुरारी शरण को उद्योग विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के बैनर तले आईटीआई कर्मियों की हड़ताल जारी है भारत नेपाल सीमा के पास बेतिया के मैनाटांड में एसएसबी के जवानों ने एक करोड़ सोलह लाख रूपये मूल्य के चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बिहार क्रिकेट ऐसोसिएशन के तत्वावधान में अन्तर जिला सीनियर वर्ग हेमन ट्रॉफी क्रिकेट दस मार्च से शुरू होगी इस टूर्नामेंट के लिए पूरे प्रदेश की जिला टीमों को दो पूल में बांटा गया है दोनों पूलों में पांच पांच जोन बनाये गये हैं बीसीए के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि हेमन ट्रॉफी के सभी मैच पचास पचास ओवर के होंगे सभी जोन से दो दों टीमों को सूपर लीग में शामिल किया जायेगा सूपर लीग में दो दिवसीय मैच खेले जायेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सूबे में नौ हजार पदों पर होगी बहाली सबसे अधिक पांच हजार नौ सौ साठ पदों पर नगर विकास विभाग व नगर निकायों में की जायेंगी नियुक्तियां दैनिक जागरण की सुर्खी है कॉमर्शिलय वाहनों पर लगेगा एंट्री टैक्स दैनिक भास्कर लिखता है राज्यकर्मियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा जनवरी से ही लागू प्रभात खबर की सुर्खी है विश्वविद्यालय में पुरानी आरक्षण व्यवस्था होगी बहाल आयेगा अध्यादेश आज अखबार का शीर्षक है पटना पाटलिप्त्र स्टेशनों पर दिखेगी बिहार की धरोहर खर्च होंगे बारह करोड़ रूपये मार्च तक पूरा होगा काम

और राज्यस्तरीय हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आगामी दस मार्च से होगा शुरू